अधिसचना जारी होने के साथ नामांकन जमा करने का काम भी शुरू हो गया है इस चरण में मध्य प्रदेश की छह लोकसभा सीटों सीधी शहडोल जबलपुर मंडला बालाघाट और छिंदवाड़ा में और छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव होगा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों र्न बताया कि लोकसभा और विधानसभा सीट से जुड़े जिलों में अधिसूचना निकाल दी गई है नामांकन कार्यालयीन समय में तीन बजे तक जमा किए जा सकते हैं इसमें पांच से ज्यादा व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में नहीं जा पाएंगे नामांकन जमा होने के बाद से प्रत्याशी के खर्च की गणना शुरू हो जाएगी खर्च पर नजर रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षक भी मंगलवार से संबंधित क्षेत्रों में पहंच गए हैं

पार्टी ने राज्यसभा सदस्य सुरेश गोपी को त्रिशुर से और वर्तमान सांसद दर्शना जरदोश को सूरत से खड़ा किया है मेहसाणा से शारदा बेन पटेल पार्टी की उम्मीदवार होंगी वहीं कांग्रेस ने कल लोकसभा चुनाव के लिये बीस उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है इसमें गुजरात से चार पंजाब से छह ओड़िसा और कर्नाटक से दो दो झारखंड से तीन तथा हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ और दादरा नगरहवेली से एक एक उम्मीदवारों के नाम हैं कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष अभित शाह के खिलाफ गांधीनगर सीट से गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीजे चावडा को अपना उम्मीद्वार घोषित किया है कांग्रेस एक दो दिन में मध्यप्रदेश के बाकी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है

इस बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए थे

बसपा ने मुरैना गुना सतना रीवा सीधी छिन्दवाड़ा बालाघाट जबलपुर और खंडवा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है इनमें सबसे उल्लेखनीय नाम डॉ रामलखन सिंह कुशवाहा का है पार्टी ने उन्हें मुरैना से उम्मीद्वार बनाया है

इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ जनक पलटा ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है लोकतंत्र में मतदान का बहुत महत्व है उन्होंने इंदौर में महिलाओं को मतदान के मामले में देश में नम्बर वन बनाने का आह्वान किया नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इन दिनों जागरूकता अभियान आयोजित किये जा रहे हैं इसी के तहत कल ग्राम पंचायत देवरीकला और जनपद पंचायत करेली के ग्राम पंचायत खैरीनाका में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया उधर छतरपुर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी मोहित बुंदस ने कलेक्ट्रेट परिसर में एनआरएलएम समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई रंगोली कार्यक्रम में शामिल होकर मतदान की शपथ दिलाई खरगोन में भी जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चन्द्र ढाड ने कसरावद और महेश्वर के मैदानी अमले से संवाद के दौरान जागरूकता कार्यकम ज्यादा से ज्यादा करने के निर्देश दिये रीवा के गोविंदगढ़ में खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे किसानों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया वहीं आगरमालवा में भी कल महिला मतदाता जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई

मुरैना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास ने कल बताया कि आयोग ने बल्क एसएमएस और वॉयस मेसेज की भी मॉनिटरिंग को जरूरी बताया है ताकि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस सुविधा का द्रुपयोग न हो सके तथा निर्वाचन नियमों और चुनाव आचार संहिता का किसी प्रकार उल्लंघन न हो उन्होंने कहा कि एसएमएस और वॉयस मैसेज पर किया खर्च राजनेतिक दलों तथा उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखे में शामिल करना होगा आयोग ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को भी इन निर्देशों का पालन करने को कहा है कांग्रेस थीम सॉंग प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के लिये कांग्रेस पार्टी ने अपना थीम साँग तैयार किया है

इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे

इस बार मेला स्थलों हाट बाजार एयर पोर्ट रेलवे बस स्टेण्ड और शासकीय अस्पतालों में ट्रांजिट बूथ स्थापित किये जा रहे हैं

उन्होंने बताया कि देश के आसपास पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो मामले सामने आने के कारण देश में पोलियो का खतरा बना हुआ है आई पीएल आईपीएल के जयपुर में हुए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात रॉयल चेलेंजर्स बैंगलोर को सात विकेट से हराकर इस सीजन का पहला मैच जीता

राजस्थान के श्रेयस गोपाल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया

आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुम्बई इंडियन्स मुम्बई पहली बार इस सीजन में खेलेंगे मैच रात आठ बजे शुरू होगा महिला फुटबाल म्योंमार के मंडाले में ए एफ सी ओलिम्पिक क्वादलीफायर राउंड टू के उद्घाटन मैच आज भारतीय महिला फुटबाल टीम का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा यह मैच भरतीय समय के अनुसार दोपहर दो बजे से शुरू होगा

अब स्कूल दोपहर साढ़े बारह बजे तक ही संचालित किये जायेंगे